प्रधानमंत्री ग्यारह अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिए राज्य के चिकित्सकों से विमर्ष करने के बाद कहा कि राज्य को और केंद्रीय सहायता की जरूरत कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कहा कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे है इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार के प्रयास और तैयारी बढ़ा दी गई है

प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा की और उनके सुझाव मांगे

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर दो बार वार्ता की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिए आज धूर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय में राज्य के चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्ष किया इस बैठक में चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को लॉक डाउन की अवधि बढाने का सुझाव दिया है बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्यों के बीच समन्वय बढ़ा है

इस किचन द्वारा राज्य के गरीब असहाय और बेरोजगार श्रमिकों को निषुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की सभी पंचायतों के मुखिया को दस हजार रुपये की राषि दी गई है

इस कोषांग द्वारा जिले के गरीब एवं असहाय लोगों तक तैयार खाना पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है इसी क्रम में इस कोषांग द्वारा मील्स ऑन व्हील्स कि शुरुआत की गई है जिसके तहत जिले के गरीब दिहाड़ी मजदूर एवं अत्यंत जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर रात के समय के लिए पका हुआ भोजन वाहन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है

साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है कोरोना पॉजिटिव मिलने पर तीन किलोमीटर के दायरे को कन्टेनमेंट जोन बनाकर यह दल कार्य करेगा रैपिड रेस्पॉन्स टीम के कार्यो के निर्वहन के लिए आज कर्मियों को प्रषिक्षण दिया गया ये कर्मी दल बनाकर सहिया और सेविका के साथ अपने इलाके में सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों की जांच कर उन्हें आइसोलेषन में डालेंगे

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर के विशिष्टि वैज्ञानिक डॉक्टनर मोहन राव परिचर्चा में शामिल होंगे

देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे है इसलिए सरकार के प्रयास और तैयारी भी बढ़ा दी गई है

श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रो ऑक्सी क्लोरोक्वीनीन का पर्याप्त भंडार है

इसके अनुसार एक संदेश एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा इसका उद्देश्य उकसाने वाले उन संदेशों के प्रसार पर रोक लगाना है जो बेबुनियाद हो सकते हैं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

दुमका जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज जिला षिक्षा अधिकारी को कार्यालय के लिपिक मोहम्मद इफ्तेकार को एक लाख रुपये घूस की रकम लेते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया है लिपिक मोहम्मद इफ्तेकार ने बाईस मार्च को जनता कर्फयू के दौरान रविवार होने के बावजूद स्कूल खोलने का आरोप लगाते हुए जिला षिक्षा पदाधिकारी के नाम का नोटिस भेजा था

झारखंड उच्च न्यायालय ने आज बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है महिला से यौन शोषण के मामले में जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने विधायक दुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया जैसा कि आप जानते हैं विधायक दुल्लू महतो के खिलाफ कतरास थाने में इस मामले में ऑनलाइन शिकायत की गई थी केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से अपील की कि वे शबे बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन उधर रांची के एदारा ए सरिया झारखंड के नाजिम ए आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने लोगों से विषेषकर मुसलिम समाज के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हनुमान जयन्ती पर राज्यवासियों को बधाई दी है और कहा है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही पूजा करें ग्मला जिले के जारी प्रखंड में बीती रात गोविंदपुर पंचायत के रूद्रपुर गांव में एक जंगली हाथी ने एक व्यक्ति की दूकान और एक घर को ध्वस्त कर दिया इस घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी और डुमरी फोरेस्टर ने हाथी द्वारा पहुंचायी गयी क्षति का मुआयना किया आकलन के अनुसार ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाएगा